उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश अर्थव्यवस्था और अन्य मोर्चो पर आगे बढ रहा है लेकिन संसद में सुचारू ढंग से काम नहीं हो रहा है उपराष्ट्रपति के रूप में उनके एक साल के कार्यकाल पर आधारित पुस्तक मुविंग ऑन मुविंग फॉरवर्ड वन ईयर इन ऑफिस के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मिलकर आम सहमति से काम करना होगा जिससे संसद सुचारू ढंग से चले

महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अवसर मिलने पर महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं और किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से पीछे नहीं है इसलिए उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आरक्षण का लाभ समाज के हर वंचित तथा पिछडे वर्ग को मिलना चाहिए इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि श्री नायड् का स्वभाव अनुशासन और दायित्व के निर्वहन की भावना से परिपूर्ण है और उन्होंने इसे सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह अपनाया है पिछले एक साल में उन्होंने संसद के उच्च सदन का बडे अच्छे तरीके से संचालन किया है राजस्थान गौरव यात्रा के तहत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बाडमेर जिले सिवाना परेउ और पचपदरा में जनसभा को संबोधित किया श्रीमती राजे ने कहा कि राज्य के सर्वागीण विकास के लिये सरकार वृहद स्तर पर कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि बाडमेर में सौ करोड़ रूपये की लागत से सेंटर ऑफ ऐक्सिलेंस बनाया जायेगा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बाडमेर और जैसलमेर प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल होंगे बांसवाडा के जिला अस्पताल में कल पिता पुत्र की हत्या के बाद से क्षेत्र में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात है

परिजनों ने मृतकों के शवों को अभी नहीं उठाया है

दौसा जिले के महुआ क्षेत्र में आज कार और ट्रोले की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई पुलिस के अनुसार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे जयपुर आगरा राजमार्ग पर अतरेडा के पास ये हादसा हुआ

प्रदेश में मानसून की सकियता आज भी बरकरार रही अनेक स्थानों पर वर्षा से किसानों को राहत मिली भरतपुर में हुई तेज वर्षा शहरवासियों के लिये परेशानी का सबब बन गई बाजार तथा शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया जिससे लोगों को परेशानी हई

चंडीगढ़ में हुई भाखड़ा ब्यास मेनेजमेंट बोर्ड की बैठक में प्रदेश के हिस्से का पानी तय किया गया

कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है प्रदेशभर में इसकी तैयारियां जोरो से चल रही है

देश को गंदगी और बीमारियों से मुक्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान प्रदेश में भी अहम भूमिका निभा रहा है धौलपुर जिले में इस अभियान के परिणामस्वरूप सभी ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हो गई है